प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग कार्यालय में आर्थिक विकास के मुद्दे पर प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विमर्श किया बैठक में केन्द्रीय मंत्री अमित शाह नितिन गडकरी नरेन्द्र तोमर व पीयूष गोयल शामिल हये साथ ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीवन क्मार और सदस्य वी के सारस्वत रमेश चंद्र व वी के पॉल के अलावा प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबराय केबिनेट सचिव तथा वित्त मंत्रालय के सचिव ने भी भाग लिया

बैठक में सामान्य रूप से अर्थव्यवसथा और और विशेष रूप से विकास दर पर ध्यान केन्द्रित किया गया देश के जाने माने अर्थव्यवसथा और और प्रमुख क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ प्रधानमंत्री की बज पूर्व विचार विमर्श के परिपेक्ष में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रही

इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देश विदेश के विद्यार्थियों व शिक्षकों के साथ परीक्षा सम्बधी तनाव के बारे चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में लगभग दो हजार विद्यार्थियों अभिभावक और शिक्षा हिस्सा लेंगे कार्यक्रम मे हिस्सा लेने वालों मे इसे लेकर काफी उत्साह देखा गया ये उत्साह केवल इस अनूठे कार्यक्रम में भाग लेने का ही नहीं अपित् प्रधानमंत्री से महत्वपूर्ण सुझाव लेने के लिए भी है

इस प्रतियोगिता में विजेता रहे छात्रछात्राओं को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में श्री मोदी से बातचीत का अवसर दिया जायेगा

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरूग्राम जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में सभी अधिकारियों को सर्तक होकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के आदेश दिये और कहा कि जरूरी नहीं कि समस्यासें इस समिति की बैठक में रखी जाये तभी समाधान हो अधिकारियों को सीधे तौर पर मिलने वाली शिकायतों का भी तत्परता से समाधान होना चाहिए उन्होंने कहा कि इस मामलें में कोताही सहन नहीं होगी मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण को बैठक में ग्रूग्राम के विकास के कई फैसले किये गये

एक सवाल के जवाब मे मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार कतई सहन नहीं होगा और हमें जो भी भ्रष्टाचार या बिजली चोरी आदि की शिकायत मिलती है तो उस पर जांच करवाकर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है

समिति ने आम जनता विशेषकर गैर सरकारी संगठनों विशेषज्ञों और हितधारकों से इस बारे सुझाव मांगे है

भारतीय जनता पार्टी द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के बारे जागरूकता लाने के लिए शुरू किये गये महा सम्पर्क अभियान का तहत आज हरियाणा मे कई जगह जन जागरण यात्रायें निकाली गई और लोगों को कानून के बारे सही जानकारी दी गई रोहतक में पत्रकारो से बातचीत मे राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि विपक्ष कानून को लेकर देशभर में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है उन्होंने कहा कि ये कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है बल्कि नागरिकता देने के लिए है और देश के हित में है जींद में राज्य सभा सांसद डी पी वत्स ने कहा कि ये कानून मानवता की भलाई के लिए है इससे पाकिस्तान बांगलादेश व अफगानिस्तान के प्रताडित अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलेगी उन्होंने कहा कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है पंजाब के मुख्यमंत्री के कानून न लागू करने बारे बयान पर उन्होंने कहा कि ये केद्र के अधिकार क्षेत्र में है भिवानी के पंचायत भवन में भी इस विषय पर एक बुद्विजीवी सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें इस अधिनियम के लिए बनाईगई केन्द्रीय समिति के सदस्य व मेरठ से बीजेपी सांसद राजेन्द्र अग्रवाल ने बताया कि कानून म्रस्लिम समुदाय के विरूद्वनहीं है ये पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों के लिए है सिरसा में आज इस कानून के समर्थन में एक जन जागरण यात्रा निकाली गई जो नेहरू पार्क से शुरू होकर विभिन्न बाज़ारों से होते हये वापिस नेहरू पार्क पहुंची यात्रा के दौरान लोगों को कानून के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबाई ने आज चंडीगढ़ में उत्तर पश्चिम क्षेत्र के ग्रामीण दस्तकारेां व कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए एक पांच दिवसीय दस्त्कारी मेला नेब केफ का आयोजन किया इसका उदघाटन पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक वी पी सिंह बदनौर ने किया इस दस्तकारी मेले में पंजाब हरियाणा राजस्थान ग्जरात मध्यप्रदेश पश्चिम बंगाल उतंराखंड जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के कारीगर हिस्सा ले रहे है

हरियाणा के म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा विध्त प्रसारण निगम के कार्यकारी अभियंता को निलम्बित करेन के आदेश दिये है मुख्यमंत्री आज ग्रूग्राम जिला लोक सम्पर्क एंव कष्ट निवारण की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे

मैराथॉन दौड़ में भाग लेने के लिए अब तक तीन हजार से अधिक व्यक्ति अपना पंजीकरण करा च्के है